प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में पोषण अभियान में जन भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया

देश में कोविड नाइन्टीन से संक्रमित रोगियों के स्वस्थ होने की दर छिहत्तर प्रतिशत से अधिक हुई

कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करने के साथ ही देश के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत महत्वपूर्ण है जब आज से सौ वर्ष पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने लिखा था कि असहयोग आन्दोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्मर बनाना है असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसेअब आत्मनिर्मर भारत के वट वृक्ष में परिवर्तित करना हम सब का दायित्व है श्री मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की क्षमता है और हमें बेहतर कल के लिए इसका उपयोग करना होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के शुरू में आत्मनिर्मर भारत ऐप नवाचार चुनौती में देशभर से युवाओं ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया इसमें लगभग सात हजार प्रविष्टियां प्राप्त हुई जिनमें से दो तिहाई ऐप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के युवाओं ने तैयार किए प्रधानमंत्री ने देश की युवा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कम्प्यूटर गेम तैयार करने की अपील की उन्होंने कहा कि ये गेम देश के समृद्व इतिहास पर आधारित होने चाहिए श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलौना क्षेत्र बहत महत्वपूर्ण हैं प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों से मिलकर काम करने और भारत को खिलौना उत्पादन के प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने की अपील की

ग्रुदेव ने कहा था कि खिलौने ऐसे होने चाहिए जो बालमन में रचनात्मकता को बढ़ावा दें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के जीवन पर खिलौनों के प्रभाव पर काफी ध्यान दिया गया है इसमें खेल खेल में सीखने खिलौना बनाना सीखने और खिलौनों के कारखानों के भ्रमण करने को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है प्रधानमंत्री ने कोराना संकट के दौरान किसानों की भूमिका की सराहना की हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की ब्आई पिछले साल के मुकाबले सात प्रतिशत ज्यादा हई है

मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूँ उनके परिश्रम को नमन करता हूँ प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है इससे प्रत्येक जिले की फसलों और पोषण मूल्य की पूरी जानकारी मिल सकेगी श्री मोदी ने कहा कि ये समय उत्सव का होता है और कोरोना के संकट के बावजूद लोग पर्व और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम कर रहे हैं कोरोना के इस संकट काल में लोगों में उमंग तो है उत्साह भी है लेकिन हम सबको मन को छू जाए वैसा अनुशासन भी है द्य बहुत एक रूप में देखा जाए तो नागरिकों में दायित्व का एहसास भी है द्य लोग अपना ध्यान रखते हुए दूसरों का ध्यान रखते हुए अपने रोजमर्रा के काम भी कर रहे हैं द्य देग्न में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी जा रही है वो अभूतपूर्व है द्य गणेशोत्सव भी कहीं ऑनलाइन मनाया जा रहा है तो ज्यादातर जगहों पर इस बार इकोफ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देशभर में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा श्री मोदी ने पोषण अभियान के लिए जनभागीदारी को महत्वपूर्ण बताया श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में मौसम के अनुरूप एक संतुलित और पोषक आहार योजना तैयार की जानी चाहिए प्रधानमंत्री ने सुरक्षाबलों के सहयोगी के रूप में असाधारण योगदान करने वाले दो श्वान सोफी और विदा की चर्चा की इन दोनों को थल सेनाध्यक्ष ने प्रशस्ति पत्र दिए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नस्ल के श्वानों में मुढोल और हिमाचली नस्ल के श्वान बहत अच्छे होते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि शिक्षकों ने कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती को स्वीकार करते हुए इसे अवसर में बदल दिया है उन्होंने कहा कि आज प्रौद्योगिकी का अध्यापन के लिए सहजता से उपयोग हो रहा है प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि इससे देश में बड़ा बदलाव आएगा और इसका लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी श्री मोदी ने कहा कि दो हजार बाईस में देश अपनी आजादी की पचहत्तरवीं जयंती मनाएगा इसलिए यह जरूरी है कि आज की पीढ़ी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के विस्मृत नायकों से परिचित रहे उन्होंने कहा कि इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है और इसमें शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार कोविड नाइन्टीन के खिलाफ मजबूती से लडाई लड रही है और राज्य बेहतर स्थिति में है उन्होंने कल गोरखपुर में कहा कि प्रदेश में संक्रमण की जांच में तेजी लाई गई है श्री योगी ने कहा कि राज्य में स्वच्छ भारत मिशन और सफाई अमियान के सफल संचालन के कारण दिमागी बुखार तथा जलजनित बीमारियों से होने वाली मौतों में भी कमी आई है उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन्सेफेलाइटिस खात्मे की तरफ है इस बीमारी से मौतों का आंकड़ा पन्चानबे प्रतिशत कम हो गया है इसी तरह कोरोना से भी जीतेंगे श्री योगी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए स्वच्छता मिशन और विभागों के समन्वय से सम्भव हुआ है उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन या दवा नहीं आ जाती तब तक खुद सतर्कता बरतें और दूसरो को जागरूक करते रहें श्री योगी ने कहा कि कोरोना से जंग में दूनिया के अन्य बड़े देशों की तुलना में हम बेहतर कर रहे हैं देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर छिहत्तर दशमलव छह एक प्रतिशत हो गयी है देश में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या संक्रमित रोगियों की तुलना में साढ़े तीन गुना हो गयी है देश भर में अब तक कोविड महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या सत्ताईस लाख तेरह हजार नौ सौ तैंतीस हो गयी है देश में कोरोना महामारी से मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट आ रही है और दुनिया में न्यूनतम स्तर एक दशमलव सात प्रतिशत पर है प्रदेश में कल कोरोना के छः हजार दो सौ तैंतीस मरीज मिले अब तक दो लाख पच्चीस हजार छः सौ बत्तीस लोग संक्रमित हो चुके हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में मृत्यु दर एक दशमलव पांच एक प्रतिशत है एक लाख सड़सठ हजार पांच सौ तैंतालिस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं लोगों की स्वस्थ होने की दर चौहत्तर दशमलव दो पांच प्रतिशत है

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ आशूरा ए मुहर्रम कल देशभर में श्रद्वा के साथ मनाया गया इस्लामी कैलेण्डर के इस पहले महीने की दसवीं तारीख को पैगम्बर हजरत मुहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने सत्य और न्याय की लडाई लड़ते हुए करबला में अपने प्राणों की आहूति दी थी कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इस बार ताजियों के जुलूस नहीं निकाले गए लोगों ने मुहर्रम की रीति रिवाजों को अपने घरों में ही पूरा किया